कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उदघाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है

उन्होंने कहा कि अभियान की बजह से ही देश की बहनों को सम्मान सुरक्षा और सुविधा मिली है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कांगड़ा व ऊना जिले के विभिन्न क्षेत्रों में करोड़ों रूपये की विकासात्मक परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करेंगे इस दौरान वे कांगड़ा जिला के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र और सुलह में कई योजनायें लोगों को समर्पित करेंगे

प्रदेश में कोरोना संकमण से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है

ये व्यक्ति किडनी व इदय रोग संबंधी गम्भीर बिमारी से भी ग्रस्त था मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने इस बात की पुष्टि की है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना संकमण से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

अमर उजाला का शीर्षक है नेरचौक मैडिकल कॉलेज में हुई हमीरपुर के मरीज की मौत हुआ था डायलिसिस

स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल समेत सभी राज्यों में दुकानदारों और सब्जीवालों का कोरोना टैस्ट होगा

पंजाब केसरी की एक खबर है हिमाचल में हुए बेनामी सौदों की जांच में जुटा राजस्व विभाग अमर उजाला बकौल शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकुर के हवाले से लिखता है ऑन लाईन पढ़ाई के लिए प्रदेश के गरीब बच्चों को मिलेंगे स्मार्ट फोन